उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश में प्रवासी कामगारों के कौशल से जुडी जानकारी जुटायी जा रही है उन्होंने अधिकारियों को अगले पद्रह दिनों में श्रमिकों की दक्षता से जुडे आंकडे संकलित करने का काम पुरा करने के निर्देश दिए हैं लखनऊ में आज लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सुक्ष्म लघ एवं मध्यम इकाइयों सहित विभिन्न उद्योगों का सर्वे किया जाए और प्रवासी श्रमिकों को उनकी दक्षता के अनसार रोजगार उपलब्ध कराया जाए मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कहा कि प्रदेश सरकार प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार ने निःशल्क रेलगाडियों और बसों की व्यवस्था की है मुख्यमंत्री ने विभिन्न राज्यों से प्रदेश आने के इच्छक प्रवासी कामगारों की सची प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को पत्र भेजने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने एक जुन से शुरू होने वाले खाद्यान्न वितरण अभियान के आगामी चरण की तैयारियां शुरू करने के भी निर्देश दिए पूर्णबन्दी के कारण अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को लाने के लिए प्रदेश सरकार ने अब तक एक हजार तीन सौ इकसठ श्रमिक विरोष रेलगाडियों का प्रबन्ध किया है इनसे लगभग अटठारह लाख बासठ हजार प्रवासी श्रमिकों को राज्य में वापस लाया जा रहा है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह एवं सुचना अवनीश क्मार अवस्थी ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि इनमें से एक हजार एक सौ चौहत्तर रेलगाड़ियां अब तक प्रदेश पहुंच चुकी हैं जिनसे पन्द्रह लाख बासठ हजार से ज्यादा श्रमिक राज्य में वापस आये हैं उन्होंने बताया कि बाकी रेलगाडियां अगले एक दो दिन में प्रदेश पहंचेंगी

प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है लोग एक आठ शून्य शन्य एक एक सात आठ शन्य शन्य नंबर पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार रिकार्ड करा सकते हैं या नमो ऐप ओपन फोरम अथवा माई गाँव पर भी लिखकर भेज सकते हैं लोग एक नौ दो दो डायल कर एसएमएस में प्राप्ते लिंक के माध्यम से भी सुझाव दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी नरेन्द्र मोदी सरकार के दसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है भाजपा देशभर में इस मौके पर वर्वअल रैलियों का आयोजन करेगी और एक हजार से अधिक ऑनलाइन काफ्रेंस करेगी प्रदेश में एचआईवी संक्रमित व्यक्ति कोरोना वायरस के संक्रमण से छह दिनों में ठीक हो गया हमारे लखनऊ संवाददाता ने बताया है कि चाँतीस वर्षीय इस व्यक्ति को सडक दर्घटना में घायल होने के बाद लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में भर्ती कराया गया था दिल्ली से गॉडा जा रहे इस मरीज को एक सड़क हादसे में घायत होने के बाद किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर में शर्ती कराया गया था उपचार के दौरान मरीज ने बताया कि उसका एक्शाईवी का इलाज चल रहा था और उसकी कोविड रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई केजीएमयू के उप कूलपति प्रोष्ठेसर एमएलबी थट्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय में ये पहला मामला था जिसमें मरीज कोरोना के साथ साथ एचआईवी पॉजिटिव भी थॉ तीन समस्याओं से ग्रसित एक मरीज विश्वविद्यालय द्वारा डिस्वार्ज होना हम सब लोगों के लिए एक आशा की किरण ते के आया है क्योंकि इस एक्आईवी के मरीज जिसका के इम्यूनिम सिस्टम खराब हो जाता है एक्आईवी में ऐसे मरीज में कोरोना का संक्रमण होगा तो क्या स्थिति होगी बहत ही चिंता का विषय था बहत ही गहन विचार विमर्श विस्वविद्यातय में किया जा रहा था इस मरीज के लिए लेकिन उस मरीज के ठीक हो जाने के बाद एक आशा को तहर है तोग अत्यंत आनंदित्त है और समाज के लिए भी यह एक शम संकेत हैं

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड नाइन्टीन के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लोगों से हाथ साफ रखने और उचित दूरी बनाए रखने की फिर से अपील की है अपने ट्वीट में मंत्रालय ने कहा है कि लोगों को बार बार अपने हाथ साब्न से धोने चाहिए और आपस में उचित दरी बनाए रखनी चाहिए सेनिटाइजर का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी गई है मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर थुकना दंडनीय अपराध है और इससे कोरोना का संक्रमण बढने का भी खतरा है मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिम और मध्य भागों में लू का प्रकोप जारी है आकाशवाणी से बातचीत में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ के के सती देवी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश चंडीगढ राजस्थान हरियाणा दिल्ली पूर्वी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ बिहार और झारखंड के कृछ हिस्सों में अगले दो और तीन दिन में लू का प्रकोप जारी रह सकता है उन्होंने बताया कि उन्तीस मई से इन इलाकों में वर्षा होने की संभावना है